विश्व में स्त्री पुरूष समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्वः कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री मोदी ने लोगों से महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राजनांदगांव जिले के खुटेरी गांव की जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड अधिकारियों के अलावा नेहरू युवा केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए

राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी नगर निगमों में महिलाओं के लिए सर्व सुविधायुक्त पिंक रूम बनाए जाएंगे जहां महिलाएं अपने बच्चों की सहेज संभाल के साथ ही उन्हें दुग्धपान भी करा सकेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सौ बारह डॉयल सुविधा के अलावा अब महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि पुलिस और अधिक तत्परता से कार्रवाई कर सके इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति कार्यक्रम में महिला हस्तियों को सम्मानित किया

रायपुर प्रेस क्लब द्वारा नारी शक्ति की समाज में भूमिका विषय पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने महिलाओं का आव्हान किया कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें हौसला बनाए रखें सफलता अवश्य मिलेगी इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया इसके अलावा राज्यपाल ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समारोह में भी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी ताकत पहचानें और उसका उपयोग समाज तथा देशहित में करें उधर राजनांदगांव में वुमेन्स स्कूटर रैली निकाली गई रैली में शामिल महिलाओं ने नारी स्वाभिमान और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी संदेश दिया वहीं बलरामपुर में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हेलमेट बाईक रैली निकाली इधर कोरिया मुंगेली और कबीरधाम में भी पुलिस विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर विभाग में पदस्थ सभी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया उधर कोंडागांव में महिला पुलिस अधिकारियों की टीम माओवाद प्रभावित गांव मटवाल पुंगारपाल पहुंची और ग्रामीण महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया इस दौरान महिला अधिकारियों ने ग्रामीण महिलाओं को कानून में उन्हें दिए गए अधिकारों की जानकारी भी दी कोरोना टीकाकरण देश में अब तक दो करोड़ नौ लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इधर छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जोरशोर से जारी है दुर्ग में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने भी आज टीकाकरण सेंटर जाकर कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया इस मौके पर उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीएसएफ के करीब दस हजार जवान तैनात हैं इनमें से सत्तर प्रतिशत का टीकाकरण हो चुका है बाकी जवानों को भी जल्द ही कोविड वैक्सीन की खुराक दे दी जाएगी इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है श्री सिंहदेव ने बताया कि वे अभी ठीक है और उन्हें हल्की सर्दी खांसी के लक्षण हैं उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह के संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में केन्द्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है जवाब में सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केन्द्र की ओर से जितने गठान बारदाने उपलब्ध कराने की सहमति मिली थी उतने बारदाने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं सदन में आज दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में बीते दिनों हुई एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत का मामला भी गूंजा शून्यकाल में भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में हत्या को आत्महत्या बता रही है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से काम रोको प्रस्ताव के जरिये इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की इस पर अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की नियम परंपराओं का पालन करने को कहा अध्यक्ष की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया बाद में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पिता पुत्र की संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह घटना आत्महत्या मालूम होती है इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सुबह दूर्ग जिले के ग्राम बठेना पहुंचकर इस घटना का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से घटना की जांच करने के निर्देश दिए वहीं आज शाम को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की एक टीम घटनास्थल पहंची और पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली विस अनुदान मांग इस बीच आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री टीएस सिंहदेव प्रेमसाय सिंह टेकाम अनिला भेंडिया गुरू रूद्रकुमार और जयसिंह अग्रवाल के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया प्रहलाद मोदी किसान मुलाकात विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी आज बालोद जिले के ग्राम सनौद और गुंडरदेही पहुंचे जहां उन्होंने किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये कृषि कानून के फायदे की जानकारी दी इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं श्री मोदी ने सहकारिता के बारे में भी किसानों को जानकारी दी उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून अभी केवल पारित हुए हैं और उनके फायदे जाने बगैर कुछ लोग विरोध में उतर आए हैं परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की चौथी कड़ी इस महीने आयोजित की जाएगी कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली होगा इसके माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली विद्यार्थियों और उनके माता पिता तथा शिक्षकों से आने वाली परीक्षाओं के संबंध में बातचीत करेंगे कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है रविवार तक पंजीकरण कराया जा सकता है अब्ञझमाड़ रैम्प वॉक सुदूर वनांचल क्षेत्र के युवक युवतियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से नारायणपुर में अबूझमाड़ पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता रैम्प वॉक का आयोजन किया जा रहा है इससे पहले ऑडिशन में उनतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया प्रतियागिता का दूसरा आयोजन कल नौ मार्च को और मुख्य आयोजन तेरह मार्च को माता मावली के मुख्य मंच पर किया जाएगा प्रतियोगिता में स्थानीय युवक युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा परिधान और आभूषणों से सुसज्जित होकर भाग लिया

इसके लिए कल नौ मार्च तक दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकते है

पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों ने यह स्मारक ग्राम जबेली में बनाया था

ये महिलाएं सुखा राशन वितरण का कार्य निजी कंपनी को देने का विरोध कर रही हैं रायगढ़ में ओडिशा रोड पर आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है

वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है